केन्द्र सरकार व्यक्तिगत डाटा की स्रक्षा को मजबूत करने के लिये देश में डाटा संरक्षण कानून लाने पर विचार कर रही है यांत्रिकी और सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह बात कही उन्होंने कहा कि डाटा गोपनीयता पर एक व्यापक कानून तैयार किया जा रहा है सरकार ने डाटा संरक्षण से सम्बधित विभिन्न मुददों का अध्ययन करने और डाटा संरक्षण विधेयक के साथ आने के लिए उच्चतम न्यायालय सेवानिवृत न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में डाटा संरक्षण पर विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया समिति ने एक व्यक्तिगत डाटा संरक्षण का एक मसौदा तैयार किया है जिस पर विचार विमर्श किया गया है और विधेयक को जल्द ही संसद में रखे जाने का इरादा है देश में साइबर सुरक्षा की घटनाओं की रोकथाम और साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिये सरकार ने कई कदम उठाये है

मंत्री ने कहा कि भारतीय कम्प्यूटर अमरजैंसी रसपौंस टीम नवीनतम साइबर खतरों और उनसे निपटने के बारे में नियमित आधार पर अलर्ट और सलाह जारी करता है

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने य्वाओं को स्वच्छता अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम में आगे बढ़कर सहयोग करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि युवा शक्ति में समाज में बड़े से बड़े बदलाव की उर्जा होती है और समाज सेवा की गतिविधियों से ज्ड़कर य्वा उर्जा का सकारात्मक प्रयोग किया जा सकता है

उन्होंने कहा कि प्लेटफार्म में स्धार शौचालय स्विधायें पैदल यात्रा प्ल लिफ्ट और एस्कालेटर जैसी स्विधायें इस योजना में शामिल है

प्लिस के अन्सार अतिम नाम का य्वक जींद से हेरोइन लेकर आया था और फतेहाबाद के प्रवीण नामक य्वक को देनी थी प्लिस ने दोंनो आरोपियों पर मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया यहां उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है डीएसपी सुभाष चन्द्र ने बताया कि पकड़े गये युवक अमित ने बताया है कि वह हेरोइन अपने किसी परिजन से लेकर आया था केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के सफलतापूर्वक संचालन और गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों के उपचार की अदायगी अस्पतालों को समय पर अदा करने में हरियाणा देश में अव्वल स्थान पर रहा है

श्री विज ने कहा कि मरीजों के मेडिक्लेम सबसे जल्दी जारी करने में भी हरियाणा प्रे देश में पहले स्थान पर रहा है

स्थानीय निकाय विकास मंत्री कविता जैन ने बताया कि इससे स्थानीय नागरिकों को दिल्ली की ओर आवागमन का स्गम रास्ता उपलब्ध होगा वहीं वाहनों के दबाव और इस मार्ग पर होने वाले हादसों में कमी आएगी उन्होंने बताया कि पश्चिमी यमुना नहर और कैरियर लाइन चैनल के बीच की नहरी सडक पर वाहनों के ब ते दबाव और सडक की बिगडती हालत से होने वाले हादसों पर संज्ञान लेते हए उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इसका समाधान तलाशने के निर्देश दिए गये थे